पलामू पुलिस ने लूटकांड में पांच अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया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

झारखण्ड विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए बजट पेश किया बजट में एक्यानबे हजार दो सौ सत्तहतर करोड़ रुपये के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में चार हजार नौ सौ करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है पिछला बजट छियासी हजार तीन सौ सत्तर करोड़ का था बजट में ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से गुमला खूंटी पश्चिमी सिंहभूम गोड्डा पाकुड़ और साहेबगंज के कुल चौबीस नन सीएफटी प्रखंडों में एमओयू कर कार्य शुरू किया जा रहा है वहीं शॉलिड वेस्ट मैनेजर्मेट के तहत बुंडू चिरकुंडा लातेहार सरायकेला गढ़वा पाकड़ झमरी तिलैया कोडरमा और खूंटी का प्लांट शुरू किया जाएगा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट में कृषि रोजगार और गांव पर फोकस किया गया है

इस बीच विधानसभा में आज पेश हुए बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है

जेएमएम के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि बजट में रोजगार मुहैया कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बजट को जनता से किये गये वायदे के अनुसार सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया है उन्होंने कहा कि डॉ रामेश्वर उरांव ने परिणाम बजट प्रस्तुत किया है परिणाम बजट एक ऐसा व्यय के पूर्व का अनुमान है जिससे व्यय के पश्चात लक्षित परिणाम को आमजनों के बीच में लाया जा सके एवं वितीय ट्रॉजेंक्शन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होगी वहीं बाबूलाल मरांडी ने बजट को निराश करने वाला बताया है उन्होंने कहा कि बजट में पिछले वर्ष किए गए खर्चों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया वहीं आजस सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी बजट को आम जनता के लिए हितकारी नहीं बताया है बजट पर कोडरमा के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है जहां छात्रों के मुताबिक बजट में रोजगार और नियोजन को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है वहीं आम गृहिणी की मानें तो इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए भी किसी तरह का प्रावधान नहीं किये जाने से उन्हें निराशा हाथ लगी है टैक्स के लिहाज से भी यह बजट मिलाजुला है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें ये किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी उन्होंने कहा कि लचीली समय सीमा टीकाकरण स्थलों पर भीड़ को कम करेगी

आयुक्त जटाशंकर चौधरी डीआईजी राजक्मार लकड़ा और जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक आनन्द मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और पहला डोज लिया मौके पर आयुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से समय समय पर जो गाइडलाइन आ रही हैं कि किस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन का डोज पड़ना है उस गाईडलाइन के अनुरूप वैक्सीन अवश्य लें डीआईजी राजकुमार लकडा ने कहा कि यह वैक्सीन सुरक्षित है सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार टीके लगवाना सुनिश्चित करें इस अभियान के तहत अब साठ साल के व्यक्ति का भी टीकाकरण किया जा रहा है पैंतालीस साल या उससे अधिक उम्र के लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं उनको भी इस अभियान में शामिल किया जा रहा है बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज हो गई है इस दिशा में कोडरमा जिले में एक सौ एकड में सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा सोलर पावर प्लांट के लिए फिलहाल भूमि चिन्हित की जा रही है

इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और टाटा संस ग्रूप के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन सहित कई पदाधिकारियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की कोरोना के कारण इस वर्ष सीमित रुप से मार्च पास्ट किया गया इसके अलावा पोस्टल पार्क में भी जमशेदजी को श्रद्वांजलि दी गई

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि दो हजार तेईस तक देश में समूचा रेल नैटवर्क पूरी तरह विद्युतिकृत होगा और दो हजार तीस तक सभी रेल नवीकरणीय ऊर्जा से चलेंगी कल मैरीटाइम इंडिया समिट दो हजार एक्कीस को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार परिवहन पर होने वाले खर्च को कम करने तथा आपूर्ति श्रृंखला की कुशलता बढाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है श्री गोयल ने कहा कि संडक रेल और जल मार्गों को जोड़ने से सही अर्थों में भारत एक राष्ट्र एक बाजार बन जाएगा पलाम पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में शामिल आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि एनएच अंठानबे डालटनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर कुख्यात सुल्तानी घाटी में चार पहिया वाहनों को लुटने वाले पांच अंतरराज्यीय अपराधियों को जहां गिरफ्तार किया गया है वहीं सदर थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष जून महीने में हुए एक हत्याकांड में शामिल तीन नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है

इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है आज विश्व वन्यजीव दिवस है यह दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है बीस दिसंबर दो हजार तेरह को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन मार्च को विश्व वन्य दिवस घोषित किया था इसी दिन उन्नीस सौ तिहत्तर में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस का विषय वन और आजीविका मानव और पृथ्वी का सतत विकास है

कैम्प में किराना होटल व अन्य प्रकार के खाध्य पदार्थ की खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व नवीकरण कराया